मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत ये कदम उठाया गया है

ग्वालियर में समाधान एक दिन योजना के प्रचार प्रसार के लिए कल कलेक्टर द्वारा प्रचार प्रसार रथ रवाना किया गया ग्वालियर जिले में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कलेक्टर कार्यालय स्थित लोकसेवा केन्द्र में ये सेवा शुरू की गई है आनंदीबेन पटेल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिलाओं के नाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का संदेश आज शाम आठ बजे आकाशवाणी पर प्रसारित किया जायेगा श्रीमती पटेल के संदेश को आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से रिले किया जायेगा सिंधिया पीसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा और तमिलनाडू में मूर्तियां खण्डित करने को धर्म निरपेक्षता को खंडित करने की साजिश बताया है मोपाल में कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में श्री सिंधिया ने सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर मुर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है उन्होंने इस दौरान मुंगावली उपचुनाव में मिली जीत को जनता की जीत बताया उन्होंने कहा कि इस जीत का असर आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश को विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई द्वारा सफाई और सुरक्षा को लेकर किये गये सर्वेक्षण में एशिया प्रशांत क्षेत्र में इन्दौर के देवी अहिल्या विमानतल को सबसे स्वच्छ विमानतल चुना गया है

जिसके आधार पर विमानतलों को अंक दिये गये सबसे अधिक यात्री वाली श्रेणी में दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डो को अवार्ड मिला है

यह प्रतियोगिता माई गवर्नमेंट पोर्टल पर लोगों से डिजिटल माध्यम से प्रविष्टियां मंगाकर की जाएगी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई नई पहलों की जानकारी देना और स्वस्थ भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है

महिला सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मान सुरक्षा और स्वरक्षा महिला सम्मेलन आयोजित किया जायेगा कार्यकम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कामकाजी महिलाओं के लिए वसतीगृह स्यवंसिद्धा का लोकार्पण करेंगे महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने बताया कि कार्यकम में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जायेगा मौसम प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज धूप के साथ ही गर्मी बढ़ रही है प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहा

मंडला जिले में हल्की बारिश भी हुई रीवा संभाग के जिलों में तापमान में गिरावट हुई है